पूर्व विदेश मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता श्रीमती सुषमा स्वराज की पार्थिव देह का आज शाम नई दिल्ली के लोधी शमशान धाट में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया उपराष्ट्रपति एम वेकैंया नायड्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय ग़हमंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह प्रकाश जावड़ेकर सहित कई और अन्य केन्द्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल के अडवाणी वरिष्ठ नेता ग्लाम नबी आज़ाद एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के अन्य कई नेता श्रीमती स्वराज की अंतिम विदाई के समय मौजूद रहे विभिन्न राज्यों के राज्यापालों और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित बीजेपी कार्यकर्ता एवं आम लोगों ने भी शमशान घाट पहंचकर उन्हें अंतिम श्रद्वाजंलि दी उनके निधन से दुखी देश विदेश के कई नेताओ ने टवीट के दवारा उन्हें श्रद्वाजंलि भैंट की श्रीमती स्वराज एक प्रतिभावान राजनेता अन्भवी प्रशासक ओजस्वी वक्ता और नेक दिल इन्सान थी हिरयाणा के अम्बाला में जन्मी श्रीमती सुषमा स्वराज के निधन पर हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल पंजाब के म्ख्यमंत्री कैपटन अमरिंदर सिंह एवं पंजाब के राज्यपाल वी पी सिंह ं बदनौर ने भी द्ख का इज़हार किया हरियाणा में उनके सममान में आज से दो दिन का राजकीय शोक रखा गया है हरियाणा में सरकारी भवनों पर लहराये जाने वाले तिरंगे को आधा झुका दिया गया हे जो कल तक आधा झुका रहेगा पंजाब सरकार ने भी उनके सम्मान के तौर पर सरकारी कार्यालय बोर्ड निगमों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों में आधा दिन की छटटी की श्रीमती सूषमा स्वराज एक सम्मानित नेता थी जिनका सभी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उनका दिल से सम्मान करते थे नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर शोक प्रकट किया है एक टिवीट में श्री ओली ने कहा कि वह श्रीमती सृषमा स्वराज के देहांत की खबर सुनकर काफी द्वखी है भारतीय लोगों सरकार और शोक संतप्त परिवार से सहान्भूति प्रकट करते हये नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीमती स्वराज उन्हें कह कर सम्बोधित करती थी नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गयावाली ने भी श्रीमती स्वराज के निधन पर द्ख प्रकट किया है

यह लगातार चौथी बार है कि मौद्रिक नीति समिति ने दरों में कटौती की है

हरियाणा सराकार ने राज्य के सभी अतिरिक्त उपायुक्तों को उनके सम्बधित जिलों की नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के सभी मामलों के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किये है चंडीगढ़ में जारी एक प्रेस विजप्ति के अनुसर सभी अतिरिक्त उपायुक्त इन मामलों की प्रक्रिया से सम्बधित उपायुक्त का सहयोग करेंगे

चन्द्रमा की ओर अपनी यात्रा में एक और कदम बढ़ाते हये चन्द्रयान द्वितीय ने आज की पांचवी और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्व क प्रवेश कर लिया है

इस मिशन का अलावा महत्वपूर्ण प्रयास चन्द्रयान दवितीय को चन्द्रमा की कक्षा में भेजना होगा

इसे सात सितम्बर को चन्द्रमा की दक्षिणी ध्र्व पर उतारा जायेगा

इस आश्य का अधिसूचना कानून और न्याय मंत्रालय ने जारी कर दी है यह संसद ने दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होने के बाद किया गया है

उन्होंने कहा िक बिजली बचाई जाये इस ओर राज्य सरकार अग्रसर है और इसी दिशा में पांच सितारा पंप सेट किसानों को लगाने के लिये योजना शुरू की गई है उन्होनें बताया कि इस योजना के तहत बिजली विभाग ऐसे पंप सेट खरीदेगा और किसान से सामान्य पंप सैट की कीमत ही ली जायेगी उन्होंने बताया कि ये पंप सैट पांच साल की वारंटी के साथ होंगे उन्होंने कहा कि इससे राज्य में बिजली की बचत होगी

अम्बाला के सभी कार्यकर्ताओं से रैली में पहंचने की अपील करते हये हड़डा ने कहा कि आने वाले विधानसभा च्नावों में समान विचारधारा वाले दलों से विचार विमर्श कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि इनेलो का वजूद खत्म हो चूका है और लोगों को कांग्रेस से उम्मीद है

उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिये योग्यता कम से कम दसवीं कक्षा व हेल्पर के लिये पांचवी कक्षा पास होना जरूरी है उन्होंने बताया कि आरक्षित पदो के लिये आवेदन करने के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है और विधवा तलाकश्दा निराश्रित और पति को उमर कैद जैसी स्थितियों में महिला के पास वैध प्रमाण पत्र होना जरूरी है स्वास्थ्य विभाग दवारा कल पंचक़ला में डीवर्मिंग डे का आयोजन किया जायेगा इस कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विदयालय पंचकला से विधायक ज्ञानचंद ग्रप्ता बच्चों को एल्बेडाजोल की गोली खिलाकर करेंगे सिविल सर्जन डॉ योगेश शर्मा ने बताया कि बच्चों में पेट के कीड़ों की बीमारी को नियंत्रित करने के लिये स्वास्थ्य विभाग प्रतिवर्ष फरवरी और अगस्त मास में डीवर्मिंग डे का आयोजन करता है इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को एल्बेडाजोल की गोली खिलाई जाती है

केन्द्र की वरिष्ठ संयोजन डा सुमित्रा यादव ने कृषि विज्ञान केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दते वर्षा कमी होने और जनसंख्या की निरंतर वृद्वि के मद्देनज़र जल संसाधानों में निंतरत कमी हो रही कमी के बारे में बताया